निजी निवेशको के साथ किया गया समझौता हस्ताक्षर से पर्यटन एवं आतिथ्य तेल एवं गेस खुदरा विद्युत संपर्क उपकरण निर्माण और खेलों के क्षेत्र में राज्य में करीब आठ हजार लाभकारी रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावनाएं है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण एडवेंजर सांस्कृतिक ग्रामीण और धार्मिक पर्यटनों के प्रचार से राज्य तथा राष्ट्र के राजस्व में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित होगा और एक्ट ईस्ट नीति पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा राज्यपाल ने यह बात कल नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के जे अल्फोन्स के साथ हुई बैठक के दौरान कही श्री मिश्रा ने जोर देकर कहा कि राज्य कि पर्यटन क्षमता को उपयोग में लाने से प्रदेश में विकास की प्रक्रिया बदल जाएगी केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री डॉ जीतेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है ये बात श्री सिंह ने कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बनाई जाने वाली छात्रावास की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के छात्रों को देश के अन्य भागों में रहते हुए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में छात्रावास का निर्माण उनके अध्ययनों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे गौरतलब है कि इस छात्रावास के निर्माण के लिए पूर्वोत्तर परिषद वित्त पोषित कर रहा है और इसकी अनुमानित बजट अट़ठाईस करोड़ रुपये से अधिक है उच्चतम न्यायलय ने फ्रांस से छत्तीस रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद की जांच न्यायालय की निगरानी में कराए जाने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों को सुना और अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया शीर्ष न्यायालय ने सरकार द्वारा किए गए सील बंद लिफाफे में विमानों की कीमत के ब्यौरे का खुलासा करने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा कि विमानों की कीमत का ब्यौरा उजागर करने से देश के द्रश्मनों को लाभ हो सकता है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने न्येथ्री दौ त्योहार के अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाए दी है और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की वेस्ट कामेंग जिले में अका लोगों की पांच दिवसीय त्योहार में भाग लेते हुए श्री खांडू ने कहा कि न्येथ्री दौ जैसे जनजातिय त्योहार संबंधित जनजाति की पहचान है और यह लोगों के अलावा प्रकृति के बीच अच्छी अनुभूति फैलाती है मुख्यमंत्री ने युवाओं से समारोह में बढ़चढ़ कर भाग लेने को कहा उन्होंने वरिष्ठों से क्षेत्र में शांति और उन्नति बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी को त्योहार से संबंध रसम रिवाज को सिखाने का आग्रह भी किया

एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश कामगार पत्रकार संघ अरुणाचल प्रदेश क्लब और अरुणाचल इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संघ द्वारा किया गया था ईस्ट मोजो के मुख्य संपादक और अटवी फाऊन्डेशन के संस्थापक करमा पलजोर कार्याशाला के विशेषज्ञ थे पूर्वोत्तर क्षेत्र के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में दस करोड़ पांच लाख से अधिक की खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की पहचान की गई है पूर्वोत्तर क्षेत्र के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त महा निदेशक मुल्क राज जर्नगल ने कल शिलोंग में पत्रकार सम्मेलन के दौरान यह बात बताई